उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों से ताजा जानकारी के लिए पोल स्टार कंपनी की सेवाएं ली जा रही है जिससे पता चल सकेगा की समय पर मतदान शुरु हुआ की नही पोलिंग एजेंट पहुंचे की नहीं और मॉक पोल हुआ की नहीं राज्य में पिछले दो दिनों में जांच के दौरान पुलिस ने अट्ठाईस लाख रुपये कैश बरामद हुआ है आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए गठित दल ने नाहरलगुन ईटानगर और निरजूली से पंद्रह लाख साठ हजार रुपये और ईस्ट सियांग जिले में दस लाख बहत्तर हजार रुपये तथा सेप्पा से एक लाख अस्सी हजार रुपये जब्त किए गए है राजधानी क्षेत्र ईटानगर के पुलिस अधिक्षक तूमे अमो ने बताया कि आठ हथियारपंद्रह राउंड कारतुस और बीस स्थानीय दाव जब्त किया गया गौरतलब है कि राज्य में लोक सभा और विधानसभा चुनाव ग्यारह अप्रैल को और मतगणना तेईस मई को हगी इधर उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम चुनावों के नतीजे घोषित करने से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र की पचास प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की मतदान प्रष्टि पर्चियां वी वी पैट गिनने के विपक्षी नेताओं के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग से जवाब देने को कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में आयोग से न्यायालय के सहायता के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती करने को कहा है मामले की अगली सुनवाई पच्चीस मार्च को रखी गई है गौरतलब है कि इक्कीस विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इवीएम और वी वी पैट में से पचास फीसदी का औचक निरीक्षण करने की मांग की है इन दलों का कहना है कि फ्री एण्ड फेयर चुनाव के लिए ऐसा किया जाना जरुरी है निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और चार विधानसभा चुनाव के दौरान राज्यों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी आई ए एस आई पी एस आई आर एस तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं से लिए गए एक हजार आठ सौ से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया ये अधिकारी सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक के रुप में तैनात किए जाएंगे दिल्ली में हुई पहली बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनिल अरोड़ा ने कहा कि पर्यवेक्षक के रुप में काम करने वाले अधिकारियों को ईमानदार होना पड़ेगा और उन्हें सुनिश्चित करना है कि उनसे कॊई भी गलती न हो श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग का प्रयास न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना बल्कि पारदर्शी स्वच्छ और नैतिक रुप से सही चुनाव सुनिश्चित करना भी है लोक सभा सांसद निनोंग एरिंग ने पासीघाट वेस्ट विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीद्वार के रुप में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है कल ईस्ट सियांग जिले के रेमी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कमांड के साथ बैठक के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है निनोंग एरिंग ने यह भी कहा कि अरुणाचल ईस्ट लोक सभा क्षेत्र के लोग एक नए सांसद की चाहत रखती है राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित एच डी एफ सी बैंक में आज सुबह आग लगने की घटना से बैंक को आंशिक रुप से नुकसान हुआ है अधिकारिक सूत्रों के अनुसार अग्निशमन दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया इस दुर्घटना में बैंक में ग्राहकों और कर्मचारियों को बैठने के लिए लगाई गई फर्निचर को नुकसान पहुँचा है विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस आज मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के संरक्षण और जरुरतों के बारे में वैश्विक जागरुकता पैदा करना है इस दिन की प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जान एफ केनेडी से मिली थी जब उन्होंने पंद्रह मार्च उन्नीस सौ बासठ को अमेरिकी संसद ने उपभोक्ता अधिकार का मुद्दा उठाया था यह दिवस पहली बार उन्नीस सौ तिरासी में मनाया गया था इस बार का विषय है भरोसेमंद स्मार्ट वस्तुएं यह विषय इंटरनेट के दौर में उपभोक्ताओं कि जरुरते और उनके लिए इन डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी के महत्व को उजागर करता है उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है कि हर खरीददार या उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पदार्थों और सेवाओं की गुणवत्ता मात्रा शुद्धता दाम और मानदंड के बारे में जानने का पूरा अधिकार है राज्य कानूनी मापतौल और उपभोक्ता मामलो के सहायक नियंत्रक के पी तागो ने उपभोक्ताओं से सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करने और लोगों से खरीददारी करते समय रसीद लेने की अपील की है उन्होंने मेन्यूफेक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जांच करने का सुझाव दिया है भारतीय खेल प्राधिकरण के नाहरलगुन स्थित विशेष खेल क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के लड़के और लड़कियों के लिए बक्सिंग कराटे ताईक्वांडों और वेटलिफ्टिंग खेलों के लिए आगामी उनतीस मार्च से इकतीस मार्च तक चयन किया जाएगा साई के अधिकारी मारिक कारबाक ने बताया कि बक्सिंग और ताईक्वांडो के लिए आवेदक की आयु बारह से चौदह वर्ष और कराटे तथा वेटलिफ्टिंग के लिए बारह से सोलह वर्ष के बीच होना चाहिए खिलाड़ियों का चयन फिजिकल फिटनेस टेस्ट मेडिकल चेक अप और खेल में निपुणता के आधार पर किया जाएगा